एक टवीट में माध्मय से इस जागरूकता जन आंदोलन की श्रूआत करते हये श्री मोदी ने लोगों को कोरोना के खिलाफ एकज़ब् होकर लड़ने का आहवान किया उन्होंने लोगों से अपील की कि वे मास्क पहनना हाथ धोना और शारीरिक दूरी यानि दो गज की दूरी बनाये रखने क मंत्री को हमेशा याद रखें

उन्होंने कहा कि हमारे संय्क्त प्रयासों ने कई जिंदगियों को बचाने मे मदद की है श्री मोदी ने कहा कि हम वेग को जारी रखेंगे और अपने नागरिकों को कोरोना वायरस से बचायेंगे इस जागरूकता आंदोलन की शुरूआत आ रहे त्यौहारों सर्दी के मौसम और अर्थव्यवस्था के खुलने के मद्देनज़र की गई है

हरियाणा सरकार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को राज्य के निजी स्कूलों को मान्यता अन्मति व अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं

प्रवक्ता ने बताया कि सभी आवेदन ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे व्यक्तिगत फाइलों पर विचार नहीं किया जाएगा उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारियों को संबंधित स्कूल का निरीक्षण करके सभी दस्तावेजों को स्कूल शिक्षा निदेशालय में ई ऑफिस अथवा ऑनलाइन माध्यम से भेजने को भी कहा गया है भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा च्नाव और हरियाणा के बरोदा व अन्य राज्यों में होने वाले उपच्नाव को स्वतंत्र निष्पक्ष शांतिपूर्ण पारदर्शी और स्रक्षित तरीके से सम्पन्न करवाने के लिए स्टार प्रचारक से संबंधित संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं जो त्रंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे

यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने पहले से ही स्टार प्रचारकों की सूची जमा करवा दी है तो अब वे संशोधित सूची निर्धारित समयावधि के भीतर दोबारा जमा करवा सकते हैं

कोरोना वायरस को फैलने न दें दो गज की दूरी का पालन करें यह आपकी समाजिक जिम्मेदारी भी है

वर्तमान में हरियाणा के पंचकूला और रेवाड़ी में दो कोचिंग केन्द्र चल रहे हैं म्ख्यमंत्री ने राज्य में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण यानि किसी सिक्योरिटी के बिना त्रण की स्विधा प्रदान करने की भी घोषणा की है ताकि यह स्निश्चित किया जा सके कि पैसों की कमी के कारण छात्रों की शिक्षा पर कोई प्रभाव न पड़े मुख्यमंत्री ने कहा है कि बैंकों के माध्यम से कोलैटरल फ्री ऋण प्राप्त करने हेत् छात्र के लिए हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है और वह देश में कहीं भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ विदेशों में भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने का लाभ उठा सकता है उन्होंने कहा कि छात्र या उसके परिवार पर ऋण का बोझ न पड़े इसके लिए राज्य सरकार ऋण के लिए गारंटी देगी प्राणी संरक्षण सप्ताह के अंतिम दिन जटायू संरक्षण प्रजनन वन्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम में शामिल होने केन्द्र पहंचे हरियाणा के वन एवं वन्य प्रणाली विभाग के मत्री कंवर पाल ने आठ जटाय् को आसमान में विचरण करने के लिए छोड़ा कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये उन्होंने कहा कि सरकार ने गिद्वों की संख्या को बढ़ावा देने के लिए एक श्रूआत की है

वन मंत्री ने कहा कि मन्ष्यों ने अपने स्वार्थो के कारण प्राकृतिक संत्रलन बिगाड़ने का कार्य किया है जिसके कारण अब उसे काफी दिक्क्तों का सामना करना पड़ रहा है मंत्री ने कहा कि गिद्ध प्रजाती बहत ज्यादा सफाई का कार्य कर रही है इसी प्रकार छोटी चिड़ियां भी अनेक प्रकार के छोटे जीवों को नष्ट कर फसलों पर लगने वाले सफेद कींटों से छटकारा दिलाती है

इन गांवों में आध्निक खेती के साथ साथ पराली या धान के अवशेष का तिनका भी नहीं जलाया जायेगा केन्द्रीय मृदा लवणता संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉ एच एल जाट ने आज करनाल में बताया कि उनका संस्थान इस मॉडल पर काम कर रहा है और किसानों के क्लाइमेट स्मार्ट खेती के तौर तरीके सिखाये जा रहे है